श्री सोरेन ने आज रांची जिले के नामकुम स्थित लाह अनुसंधान केन्द्र के निरीक्षण के दौरान इस आषय की जानकारी दी उन्होंने कहा कि राज्य में रोजगार की असीम संभावनायें हैं और सरकार द्वारा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर तलाषने के लिए विषेष प्रयास किये जा रहे हैं

जनजातीय मामलों के केन्द्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि मंत्रालय की अनुषंगी इकाई टाईफेड के माध्यम से देषभर में जनजातीय कामगारों से तेईस करोड रूपये मुल्य के उत्पादों की खरीदारी की जाएगी

श्री मुंडा ने बताया कि राष्ट्रव्यापी लॉक डाउन के कारण जनजातीय कारीगरों की सारी वाणिज्यिक गतिविधियां रूक गयी है और कारीगरों के समक्ष अनिष्वितता की स्थिति उत्पन्न हो गयी है जिसका असर उनकी आजीविका पर पड़ रहा है उन्होंने बताया कि कारीगरों को और राहत उपलब्ध कराने के लिए मानवता के साथ इस अभियान से जोड़ने के लिए आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेषन के साथ भी करार किया गया है केन्द्र सरकार द्वारा विदेषों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए विषेष पहल की जा रही है गृह मंत्रालय की संयुक्त सचिव पृण्य सलीला श्रीवास्तव ने प्रेसवार्ता में इस आषय की जानकारी दी उन्होंने बताया कि स्वदेष लौटनेवाले सभी भारतीयों को गंतव्य स्थान पर पहुंचने के बाद आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य होगा और चौदह दिनों तक कोरेंटीन में रहना होगा

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया है कि बारह हजार सात सौ सताईस लोगों को उपचार के बाद अस्पताल से छटटी दे दी गई है उन्होंने बताया कि लगभग साढे सत्ताइस प्रतिशत लोग स्वस्थ हए हैं पिछले चौबीस घंटों के दौरान एक सौ पचानबे लोगों की मौत होने के बाद कोरोना से मरने वालों की संख्या एक हजार पांच सौ अड़सठ हो गई है

जिले के अधिकांष लाभुकों के खाते में प्रधानमंत्री उज्जवला योजना और जन धन खाते में केन्द्र सरकार की ओर से राषि भेजी जा रही है

इस मौक पर श्री सिंह ने अधिकारियों से लॉक डाउन के दौरान प्रषासन द्वारा दिये गये निर्देषों का कड़ाई से पालन करने सोषल मीडिया पर विषेष नजर रखने और आपत्तिजनक पोस्ट करनेवालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देष दिया है उन्होंने रमजान के दौरान मुस्लिम समुदाय द्वारा अपने घरों में रहकर नमाज पढ़ने और लोगों से सोषल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करने की अपील की है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ई पी एफ ओ ने अपने पेंशन भोगियों को सात सौ चौंसठ करोड़ रुपये जारी किये हैं

इंजीनियरिंग में प्रवेश के लिए जे ई ई मुख्य परीक्षा अठारह से तेईस जुलाई तक आयोजित की जाएगी केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आज यह घोषणा की देशभर के विद्यार्थियों के साथ चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि जे ई ई एडवान्स की परीक्षा अगस्त में होगी जिसकी तारीखें जल्द ही घोषित की जाएगी श्री निशंक ने कहा कि नीट यानी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा छब्बीस जुलाई को होगी उन्होंने कहा कि केन्द्रीय माध्यामिक शिक्षा बोर्ड की दसवीं और बारहवीं की लंबित बोर्ड परीक्षाओं के संबंध में भी जल्द ही निर्णय लिया जाएगा ये दोनों परीक्षाएं कोरोना संकट के चलते लॉकडाउन लागू होने के कारण स्थगित कर दी गई थी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

इस उपाय की सराहना करते हुए केन्द्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री सदानंद गौडा ने कहा कि यह खुशी की बात है कि कई जन औषधि केन्द्र जरूरतमंद लोगों तक अनिवार्य औषधियां पहुंचा रहे हैं

जामताड़ा के उपायुक्त गणेष कुमार ने मनरेगा योजना के तहत कार्य शुरू करने का निर्देष दिया है उन्होंने अधिकारियों को कार्यस्थल पर सेनिटाइजर मास्क और सोषल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिष्वित कराने का भी निर्देष दिया है

उन्होंने बताया कि छट्टी के दौरान पुलिस अधीक्षक सहित जिले के कई अधिकारी और चिंकित्सकों ने स्वस्थ्य हुए मरीज पर फूल बरसाए और ताली बजाकर उसका स्वागत किया

जिले के गांडेय विधानसभा के पिंदाटांड गांव के किसान गोविंद प्रसाद वर्मा आधनिक तकनीक के माध्यम से जैविक खेती कर अपनी नियमित आमदनी से चार गुणा अधिक राषि लाम के रूप में हासिल किया है गांव के कई किसान इनसे प्रेरित होकर जैविक खेती कर रहे हैं और अपने उत्पादों को महंगे दामों पर बाजार में बेचकर आमदनी बढ़ा रहे हैं

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के सभी कर्मियों ने स्वेच्छा से एक दिन का वेतन पीएम केयर्स फंड में दिया है सीआईएसएफ के महानिदेशक राजेश रंजन ने आज नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह को सोलह करोड़ तेईस लाख बयासी हजार तीन सौ सतावन रूपये का चेक प्रदान दिया

पत्र सूचना कार्यालय ने कहा है कि यह दावा झूठा है कार्यालय ने एक ट्वीट में स्पष्ट किया कि दूरसंचार विभाग ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है

समाप्त